मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने राजस्थान गौरव यात्रा के दूसरे दिन आज उदयपुर संभाग में रैलियों को संबोधित किया राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएएस प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न और प्रदेश में मानसून आज भी रूठा रहा कहीं से भी वर्षा के समाचार नहीं

श्री कोविन्द तेलंगाना में आज आईआईटी हैदराबाद के सातवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि देश की आकांक्षाएं अब छह दशक पहले स्थापित किए गए भारी उद्योगों तक सीमित नहीं है राष्ट्रपति ने कहा कि सर्वोत्तम विज्ञान विश्वविद्यालय और संस्थान शिक्षा की दुकाने या डिग्री के कारखाने नहीं हैं बल्कि ये नवाचार के स्रोत हैं ये प्रौद्योगिकी के पोषक और इसके जरिए स्टार्ट अप को चलाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एक सौ पच्चीस करोड़ भारतीयों के स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने की भावना से देश को स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय प्रगति करने में मदद मिली है ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने सहारनपुर के एक व्यक्ति के पत्र का उल्लेख करते हुए यह बात कही सहारनपुर के प्रणव सक्सेना ने स्वच्छ भारत मिशन का समर्थन करते हए अन्य लोगों से इसमें सहयोग देने की अपील की थी राजस्थान गौरव यात्रा के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने राजसमन्द के नाथद्वारा उदयपुर के गोग़ंदा झाड़ौल और खेरवाड़ा में जनसभाओं को संबोधित किया इन सभाओं में श्रीमती राजे ने अपनी संरकार की उपलब्धियों को गिनाया मुख्यमंत्री ने झाड़ौल में कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं को आगे बढाने का काम किया है बेटियों का मान बढाने के लिये सरकार ने कई कदम उठाये हैं श्रीमती राजे ने कहा कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता ही हमारा लक्ष्य है

जनसभाओं में मुख्यमंत्री के साथ गृहमंत्री गुलाबचन्द कटारिया पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी महिला और बाल विकास मंत्री अनीता भदेल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल थे

पूर्व मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस के संगठन मंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही गौरव यात्रा को पैसों की बर्बादी बताया है श्री गहलोत ने आज जोधपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर आरोप लगाया कि वह सत्ता के मद में एक बार फिर जनता को भ्रमित कर रही है जिसमें वह कभी सफल नहीं होंगी

राज्य सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने अपने एक फैसले में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के हवाले से राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन से अपेक्षा की है कि आरटीआई आवेदन का शुल्क घटायें

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज प्रदेशभर में आरएएस प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हो गई

जयपुर और अजमेर सहित प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों उपखंड और तहसील मुख्यालयों पर एक हजार चार ं सौ चौवन परीक्षा केन्द्रों पर ये परीक्षा हुई

प्रदेश के किसी भी जिले से किसी प्रकार की अव्यवस्था की शिकायत आयोग नहीं पहंची क्छ स्थानों पर निर्धारित ड्रेस कोड में नहीं पहुंचे अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा

इंटरनेट सेवायें बंद रहने से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा जिससे लोग परेशान रहे राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के सौ छात्रों का अमेरिका में आयोजित एक शैक्षिक कार्यक्रम के लिए चयन किया है

कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान राज्य में युवा उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है डिजिटल इंड़िया योजना के माध्यम से सीकर जिले में नई क्रांति आई है इससे आमजन का जीवन सरल हुआ है

प्रदेश में मानसून आज भी रूठा रहा आज कहीं से भी वर्षा के समाचार नहीं है पूरे प्रदेश में खरीफ की फसल अच्छी उंगी है लेकिन अब वर्षा की कमी अखरने लगी है हमारे नागौर संवाददाता ने बताया कि वर्षा की कमी से फसल दिनों दिन बिगड़ती जा रही है झुन्झुनू संवाददाता के अनुसार वहां के किसान भी वर्षा का इंतजार करने लगे हैं बरसात का दौर थमने से बांधो में भी पानी की आवक कम हो गई है

बाकी तीन सौ उनसठ बांध पूरी तरह से खाली हैं

अन्य समाचार जैसलमेर जिले के फलसूण्ड में पानी की मोटर चालू करते समय उसमें करंट आने से एक युवक की मृत्यु हो गई